आत्मनिर्भर भारत का उल्लेख करते हए उन्होंने कहा कि देश इन च्नौतियों को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है

म्ख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों प्लिस कर्मियों और राज्य सचिवालय को वितरण के लिए पारंपरिक जनजातीय डिजाइनों के आधार पर एरी रेशम से फेस मास्क के उत्पादन की विभाग कि पहल की सराहना की उन्होंने कहा कि अगर ये बड़े पैमाने पर मानक ग्णवत्ता जांच के साथ उत्पादित होते है तो डिजाइनर मास्क राज्य और देश के बाहर एक बड़ा बाजार तैयार कर सकते है श्री खाण्डू ने स्झाव दिया कि दिशानिर्देशों को तैयार करते समय एक प्रावधान को रखने की आवश्यकता है कि एक जिले की आवश्यकताओं को उस विशेष जिले के उत्पादकों से पूरा किया जाएं ताकि हर किसी को इस पहल से समान रुप से लाभ उठाने का अवसर मिले उन्होंने यह भी स्झाव दिया कि विभाग को ऑनलाइन आदेशों को स्वीकार करने के लिए अपने वेब पोर्टल को एक नई विंडो के साथ अपग्रेड करना चाहिए

छह नए मामलों की प्ष्टि के साथ राज्य मे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सड़सठ हो गई है जिनमें तिरसठ सक्रिय और चार मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई है इन छह मामलों में से दो चांगलांग से लोंगडिंग से एक और तीन सैन्य कर्मी वेस्ट कामेंग जिले से सामने आए है चांगलांग जिले से पॉजिटिव पाए गए मामला यू पी के नोएडा से लोंगडिंग का ग्जरात से और वेस्ट कामेंग जिले का बिहार से लौटे थे चांगलांग और लोंगडिंग के तीन मरीजों को कोविड केयर सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य तीन सैन्य कर्मियों को सेना द्वारा प्रबंध किया जाएगा

राजभवन में कल राज्य में द्रसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा करते हए डॉमिश्रा ने कहा कि इ गवर्नेस के तहत हर परियोजना या कार्यक्रम को जियो टैग करना होगा और कार्य की प्रगति और फीडबैक को ऑनलाइन अपडेट करना होगा उन्होंने आई टी सचिव और बी एस एन एल के महाप्रबंधक को राज्य सहित सरली ताकसिंग तातो यिंगकियोंग हवाई हाय्लियांग वालोंग और विजोयनगर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ऑप्टिकल फाइवर बिछाने और अन्य कार्यो में तेजी लाने के लिए कहा

कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्त्रत करना पडता है

कॉपी एडिटर के लिए उम्मीदवार के पास क्षेत्र में तीन साल के न्यूनतम अन्भव के साथ पत्रकारिता में डिग्री या पी जी डिप्लोमा होना चाहिए प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार के पास फिल्म और वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा और स्नातक की डिग्री होना चाहिए